पीएम शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षान्त् समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है

श्री चौहान आज भोपाल के मिण्टो हॉल में योजना के तहत किसानों को केडिट कार्ड का वितरण और शून्य प्रतिशत ब्याज पर आठ सौ करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर रहे थे

इस मौके पर अन्य जिलों से हितग्राहियों से उन्होंने संवाद भी किया मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के साढ़े तीन हजार किसानों को लाभान्वित किया गया है मुरैना और रायसेन के किसानों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया वहीं मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद किसानों की बात मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में किसानों से कृषि बिल एवं अन्य किसानी कार्यों के संबंध में संवाद करेंगे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आकाशवाणी और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर होगा देश कोरोना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सबसे अधिक कोविड मरीजों वाले सात राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे बैठक के दौरान कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की रिथिति तथा तैयारियों की समीक्षा करेंगे

वहीं राज्य में मृत्यू दर भी घटकर एक दशमलव आठ छह प्रतिशत पर आ गयी है

इसे मिलाकर अब तक जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर साढ़े पन्द्रह हजार पहुंच गई है

श्री तोमर ने कहा कि हाल में संसद में पारित कृषि संबंधी दो विधेयकों का कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम पर भी कोई असर नहीं पडेगा

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के एक सींग वाले गैंडों के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की है उन्होंने कहा कि गैंडों के संरक्षण की पहल से चारागाह भूमि का प्रबंधन भी समृद्ध हुआ है भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है असम पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले तीन हजार गैंडे हैं आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों का पक्के मकान में रहने का सपना साकार हुआ है